श्री लू ने सोशल मीडिया में चल रहे इस प्रचार का पूरी तरह खंडन किया है कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वह मतदेय स्थल पर जाकर फार्म सात भरकर पहचान पत्र के साथ वोट डाल सकते हैं लखनऊ में जारी एक विज्ञप्ति में श्री लू ने इस बारे में साफ़ किया है कि यह समाचार पूरी तरह से मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास है उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वह इस तरह की अफ़वाह पर ध्यान न दें और बोटर लिस्ट में नाम होने पर ही मतदान के लिये जायें

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान तेज हो गया है

ये सीटें हैं मुरादाबाद रामपुर सम्मल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायेँ आंवला बरेली और पीलीमीत चुनाव प्रचार के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से लगाये गये बहत्तर घंटे प्रतिबंध के बाद मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने सम्मल में एक चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि प्रवानमंत्री नरेन्द्र मोदी सुशासन और राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे हैं जबकि अन्य दलों के पास कोई मुद्ददा नही है फिरोजाबाद के सिरसागंज में एक सभा को सम्बोधित करते हये श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों की वजह से ही जातिवादी दीवारे ध्वस्त हो रही हैं मैनपुरी में हुयी एक चुनावी सभा में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी मौजूद रहीं इस अवसर पर सुश्री मायावती ने कहा कि देश में आम जन के हित को ध्यान में रखते हुये कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं इसे ध्यान में रखकर ही बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर के चुनाव लड़ने का फैसला किया है मायावती ने वोटरों को ओपीनियन पोल से गुमराह न होने की नसीहत भी दी मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बहत दिनों के बाद वह और मायावती एक मंच पर हैं ऐसे में वह भारी बहमत से जीत की उम्मीद करते हैं अन्त में अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश का राजनीतिक समीकरण बदलने के लिये सपा और बसपा ने हाथ मिलाया है लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के नामांकन पत्रों की जांच कल की जायेगी इस चरण में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख अट्ठारह अप्रैल थी बाईस अप्रैल तक नामांकन वापस लिये जा सकते है इस चरण का मतदान छः मई को होगा पांचवें चरण में प्रदेश की जिन चौदह सीटों पर मतदान होने हैं उनमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैजाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा शामिल हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने उत्तर प्रदेश में उन पार्टी कार्यकर्ताओं को बहाल करने के विरोध में त्याग पत्र दिया है जिन्होंने उन्हें धमकी दी थी और उनसे दुव्यवहार किया था सुश्री चतुर्वेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना त्याग पत्र भेज दिया है श्री गांधी को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि हालांकि पार्टी महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है लेकिन क्छ सदस्यों का व्यवहार इसका उलट है प्रदेश भर में आज हनुमान जयंती धूपधाम से मनायी जा रही है विभिन्न स्थानों पर स्थित हनुमान मंदिरों में दर्शन पूजन के लिये श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है कई स्थानों पर आज सुबह हनुमान ध्वजा यात्रायें निकाली गयीं जिनमें भारी संख्या में श्रद्वालू शामिल हुये हनुमान मंदिरों पर विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किये जा रहे हैं वाराणसी में आज सुबह से ही हनुमान मंदिरों में दर्शन पूजन के लिये श्रद्दालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी वहां के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में भारी संख्या में श्रद्दालुओं ने आरती में हिस्सा लिया अयोध्या मे आज सुबह दक्षिण परम्परा पर आधारित काले राम मंदिर में हनुमान जी की जयंती ध्रमधाम से मनायी गयी जानकी महल ट्रस्ट सहित अन्य स्थानों पर भी हनुमान जयंती पर विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये गये लखनऊ में प्रसिद्व हनुमान सेतु मंदिर में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ जुटी प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी लोगों ने आज श्री राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना की प्रमु ईसा मसीह के बलिदान दिवस गुड फ्राइडे पर आज प्रदेश भर में इसाई धर्मावलम्बियों ने गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लिया आज ही के दिन प्रमु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था इस बीच कल गुड थर्सडे पर भी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किये गये पुरोहितों धर्माचार्यों और इसाई धर्म मानने वालों ने एक दूसरे के पैर धो कर प्रभु ईसा मसीह के प्रति अपनी आस्था प्रकट की मुजफ्फरनगर शहर के बाईपास पर राना चौक के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई

मृतक जिले के चरथावल थाना क्षेत्र के निखना गांव के रहने वाले थे